केन्द्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक समारोह में औपचारिक रूप से इसकी शुरूआत करेंगे केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान नरेन्द्र सिंह तोमर पुरूषोतम रूपाला और वी के सिंह भी समारोह में मौजूद रहेगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि सीएनजी ट्रैक्टर का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि किसान ईंधन पर हर वर्ष एक लाख रूपये से अधिक की बचत कर सकेंगे जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी

सीएनजी ट्रैक्टर से किसान अब ईंधन की कीमतों में पचास फीसदी तक की बचत कर सकेंगे चौमूं से भाजपा विधायक रामलाल शर्मा आज किसानों की कर्ज माफी से संबंधित पोस्टर लगाकर विधानसभा पहंचे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी ने दस दिन में किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी किसान दो साल से कर्ज मार्फी का इंतजार कर रहे हैं श्री शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर हैं उन्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए गौरतलब है कि विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है राज्य में आज भी विभिन्न स्थानों पर कोरोना टीकाकरण सत्रों में लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है

वहीं प्रदेश में कोरोना संकमण से स्वस्थ होने की दर में और बढ़ोतरी हुई

दस जिलों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला

मजिस्ट्रेट ने कहा कि इन इकाइयों से बांड़ी नदी सहायक नालों और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के साथ ही मानव जीवन और उसके स्वास्थ्य को भी खतरा पैदा हो रहा है उन्होंने कहा कि इन फैक्ट्रियों पर समय समय पर कार्यवाही करने के बाद भी ये पूरी तरह से बंद नहीं हो रही हैं

आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की आज जयंती है इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने उन्हें नमन किया है श्री गहलोत ने ट्वीट संदेश में कहा कि वैदिक शिक्षा महिलाओं के समान अधिकार और शिक्षा के पुनरूद्वार की दिशा में उनके प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए कल से खुलेगा लोगों को केवल ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से ही गार्डन देखने की अनुमति होगी गार्डन देखने के दौरान लोगों को मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसे कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा

प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने से सर्दी का असर कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहा है हालांकि आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है